मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आन्ध्र प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर है इस दौरान वे आन्ध्र प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा नए मतदाताओं के सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे जयराम ठाकुर तिरूपति बालाजी के मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे पुरस्कार बाल विकास परियोजना चम्बा के तहत जनसाली आँगनवाडी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बबली कुमारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला में आयोजित राज्यस्तरीय पुरस्कार समारोह में उन्हें प्रशस्ति पत्र और दस हजार रुपये नकद देकर सम्मानित किया

बिलासपुर जिले के कुठेड़ा में पशु औषधालय का शिलान्यास और तलवाड़ा पंचायत के धटोह में महिला मंडल भवन का कल उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में करवाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख किया

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने सभी जिला उपायुक्तों को एक सप्ताह में मतदान केंद्रों तक सड़क बिजली पानी और सूचना तंत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए है उन्होंने उपायुक्तों को संबंधित विभागों के साथ बैठक कर व्यवस्था दुरूस्त करने को कहा है

लाहौल स्पिति जिला और पांगी में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें अवरूद्व होने पर ये अभियान स्थगित कर दिया गया है

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कल शिमला में कहा कि ये उड़ान प्रशासनिक कारणों से रद्द की गई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में महिलाएं उड़ा लाई हवाई जहाज गगल एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट पंजाब केसरी लिखता है महिला दिवस पर फ्लाइट में पूरा महिलाओं का क्रू दिया गया वाटर सैल्यूट दिल्ली से उड़ान भरकर गगल पहुंची महिलाएं दैनिक जागरण का लिखता है कैंसर अस्पताल भवन बनाने के लिए एनजीटी की हरी इांडी हिमाचल में नहीं खुलेंगे नए नर्सिंग कॉलेज और स्कूल इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है हिमाचल में बनेंगे दो इंडस्ट्रियल पार्क जबकि आपका फैसला के अनुसार झंड़ता में खुलेगा दमकल उप केंद्र व उप न्यायाधीश न्यायालय दैनिक भास्कर की सुर्खी है हिमाचल में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू सभी डीसी को निर्देश हर बूथ तक सड़क पानी बिजली की व्यवस्था करें

पंजाब केसरी का शीर्षक है पैट शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों की तर्ज पर मिलेगा वित्तीय लाभ